प्रधानमंत्री किसान योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक विकास के लिए एक लाख करोड़ रूपये के कृषि अवसंरचना कोष की शुरूआत की इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्म निर्भर बनाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को ऋण वित्तीय सुविधा भी मिलेगी उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए यह कोष अहम भूमिका निभाएगा प्रधानमंत्री ने किसानों से कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की

श्री मोदी ने इस अवसर पर अन्य राज्यों के साथ ही मध्यप्रदेश के किसानों से भी बातचीत की कोविड परीक्षण देश देश ने आज एक ही दिन में कोरोना महामारी के सात लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों को संक्रमित व्यक्तियों का व्यापक रूप से पता लगाने उन्हें तत्काल दूसरों से अलग रखने और उनके कारगर उपचार की व्यवस्था करने को कहा गया है

यह संख्या इस समय इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में दोगुने से अधिक है

अतिआवश्यक सेवाओं की दुकाने खुली हैं और पुलिसकर्मी लॉकडाउन में घर से निकलने वालों से कड़ी पुछताछ कर रहे हैं

वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है

जिले में अब तक एक हजार से अधिक लोग संकमण से मुक्त हो चुके हैं

शाजापुर जिले में आज शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कोरोना प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लिया उन्होंने जिले में कोरोना संकमण से बचाव और जागरूकता के लिये चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली

उन्होंने खासतौर पर लोगों से अपील की है कि वे सुबह प्रसारित होने वाले समाचार सुनने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए अपने फेसब्रक पेज पर उन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी के समाचारों के जरिए सरकार के नीतिगत फैसलों नई सूचनाओं और कोरोना संकमण की रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों सहित कई नवीनतम जानकारियां मिलती हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आदिवासी भाई बहन ही मध्यप्रदेश की संस्कृति के संवाहक और गौरव हैं झाबुआ जिले में आज जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई इसके साथ ही पेंशन प्रकरण सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई खंडवा जिले के ग्राम बड़ोद अहिर में टंट्या भील की समाधी पर पहुंचकर लोगों ने नमन किया डिंडोरी में कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया बड़वानी में कलेक्टर परिसर स्थित भीमानायक पार्क में वृक्षा रोपण किया गया धार और मंडला जिलों में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये

पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अप्रैल से जून के बीच जिन वस्तुओं के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई उनमें तुअर दाल गेंह बंगाली चना और मूंगफली का तेल शामिल है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

इसके लिये ऑनलाइन बुकिंग करवाना होगा